भारत में कोरोना संक्रमण से निजात पाने वाले मरीजों की गिनती दस लाख से अधिक हो गई है जो एक बड़ी उपलब्धि है

प्रभावी नियंत्रण रणनीतियों और नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल से कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और मृत्यु दर में कमी आई है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज गुरूग्राम में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की शुरूआत की

श्री दुष्यंत चौटाला ने इस मौके पर बोलते हुये कहा कि हरियाणा मे इस योजना की शुरूआत आज पहली बार की गई है और इससे उन प्रवासी श्रमिकों को लाभ मिलेगा जो अपने घर परिवार और राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में काम तलाश में जाते है उन्होंने कहा कि लोग अब किसी भी डिपूधारक से अपना आधार कार्ड दिखाकर राशन ले सकेंगें

उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य के मद्देनजर नई नीति स्कूली और उच्चतर शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा में कारगार साबित होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की ढाई लाख पंचायतों शहरी स्थानीय निकायों व जिलों से प्राप्त दो लाख से अधिक सुझावों को इस नीति में शामिल किया गया है जो इस नीति की प्रमुख विशेषता है उन्होंने कहा कि शिक्षा अब पहले की तरह लाभ के लिए नहीं बल्कि व्यवहार पर आधारित होगी और अंतर्राष्ट्रीयकरण को संस्थागत रूप से सहयोग एवं छात्र व संकाय की गतिशीलता दोनों के माध्यम से सुगम बनायेगी

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारत को पुन विश्व गुरू बनाने की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ा है शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई नीति में बच्चों के बचपन से ही उनके सर्वागीण विकास की नीव मजबूत होगी उन्होंने कहा कि अधिकारियों को नई शिक्षा नीति का अध्ययन करने को कहा गया है हरियाणा सरकार ने अनुबंध पर श्रमिक रखने वाली सभी पंजीकृत वेबसाइट और संस्थानों को अगले छ महीने में हरियाणा उद्योग मेमोरेंडम के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है इससे श्रमिकों को ई एस आई और ई पी एफ का पूरा लाभ मिलना सुनिश्चित हो सकेगा उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला जिनके पास श्रम विभाग का प्रभार भी है की अध्यक्षता मे आज गुरूग्राम में राज्य सलाहार अनुबंध श्रम बोर्ड की दूसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया इसके तहत ठेकेदारों और श्रमिकों का पंजीकरण उनके आधार नंबर के साथ किया जा रहा है

केन्द्र सरकार ने मॉडल गोवर्धन परियोजना के तहत बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए सिरसा के साथ लगते रत्ताखेड़ा का चयन किया है

उनके रिहायशी क्षेत्रों को कंटेनमेंट में डाल दिया गया है

अम्बाला के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डा संजीव सिंगला ने बताया कि मौलाना मेडिकल कालेज में एक महिला कोविड मरीज की मृत्यु हो गई है

इस बारे राजस्थान सरकार की ओर से हरियाणा सरकार को सूचना भेजी गई है ताकि इस मेला में जाने वाले इच्छुक श्रद्वालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े हरियाणा के गृहमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और देश की सेना की लेह लद्दाख में ललकार को समर्पित और गृहमंत्री के व्यक्तित्व व कार्यशैली पर लिखे हरियाणवी गीत को लांच किया इन दोनों गानों के लेखक जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी धर्मवीर सिंह है और गायक सुमरे पाल है इस मौके श्री विज ने कहा कि हरियाणवी संस्कृति में सम्माहित संस्कार समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहे है

हरियाणा के सिरसा मे मुस्लिम समाज के लोगों ने इस बार कोरोना के चलते ईद घर पर ही मनाने का फैसला लिया है

ै उन्होंने सभी से यह अपील भी की कि वे घरों में रहकार ही कुर्बानी की रस्म अदा करे मुस्लिम खिदमद सभा के प्रदेशाध्यक्ष युसुफ खान ने बताया कि इस बार नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ी जायेगी

यह जानकारी खेल मंत्री ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुये दी उन्होंने कहा कि इन खेलों का आयोजन मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में होगा